इस मौके पर गुरूद्वारा साहिब में सुबह से ही संगतों का तांता शुरू हो गया है गुरू नानक जयंती के अवसर पर आज गुरूद्वारों में शबद कीर्तन और अट्ट लंगर लगाए जाएंगे इसके अलावा बाहर से आए हजूरी रागी जत्थे मनमोहक प्रस्तुतियां देंगे अनुराग सांसद अनुराग ठाकुर ने कल ऊना में घर घर जाकर केन्द्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात की और उनसे फीडबैक ली

सुक्खू प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्द्र सिंह ने प्रदेश कांग्रेस द्वारा नियुक्त खंड पर्यवेक्षकों की सूची में आंशिक संशोधन किया है जिसके तहत संजीव गुलेरिया को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बंजार और धर्मेन्द्र धामी को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुल्लू का पर्यवेक्षक बनाया गया है

युवा मंडल बमोत के प्रधान ने बताया कि यह मेला माँ पधाई व देवता गण नाग के प्रति आस्था व समर्पण का प्रतीक है मेले में अनेक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी

अब सुर्खियां समाचार पत्रों से आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग ख़बरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है शिमला सोलन और सिरमौर में भी पाइप से घर घर पहुंचेगी रसोई गैस

अमर उजाला के शब्द हैं बाहरी राज्यों के व्यवसायिक वाहनों का प्रवेश हआ मंहगा इसी ख़बर को हिमाचल दस्तक ने सुर्खी दी है बाहरी वाहनों पर अब लगेगा दोगुना टैक्स

दैनिक जागरण की सुर्खी है पैट पैरा पीटीए के आएंगे अच्छे दिन शीतकालीन सत्र में सरकार लाएगी विधयेक खत्म होगा शिक्षकों का वनवास दैनिक सवेरा टाइम्स और आपका फैसला ने हिमाचल को शिक्षा के क्षेत्र में मिले प्रस्कार की ख़बर को सचित्र प्रकाशित किया है दैनिक सवेरा लिखता है शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल देश का सिरमौर वहीं आपका फैसला के शब्द हैं बड़े राज्यों की श्रेणी में शिक्षा में प्रदेश सर्वश्रेष्ठ पंजाब केसरी की अन्य ख़बर है हिमाचल की सात नदियों का होगा कायाकल्प आपका फैसला ने सांसद अनुराग ठाक्र के हवाले से लिखा है हमीरपुर लोकसभा सीट जीतना कांग्रेस के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा दिव्य हिमाचल ने ख़बर दी है स्कूल वर्दी के अगले हफ्ते ऑडर हिमाचल दस्तक ने लिखा है वर्दी खरीद से पहले एमडी का तबादला दैनक सवेरा टाइम्स की ख़बर है अब छतों पर बिजली पैदा करेंगे हिमाचली अमर उजाला लिखता है रोहतांग बहाल आज दोपहर से दौड़ेंगे वाहन इसी अख़बार की एक अन्य सुर्खी है निजी विश्वविद्यालय के नाम पर फ्रैंचाइजी ने हड़पे छात्रवृत्ति के करोड़ों रुपये दागी पूलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की खबर पर दिव्य हिमाचल की सुर्खी है विभागीय जांच में एक डीएसपी दोषी वहीं दो पुलिस अधीक्षकों सहित एक डीएसपी निकले बेदाग इसी अख़बार की एक अन्य ख़बर है चार आईएएस अफसर ट्रांसफर अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय ताकि गूड गोबर न बने शीर्षक से प्रदेश में राजनैतिक आधार पर खुलने वाले शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों पर अंकुश लगाने और विभागों के युक्तिकरण की आवश्यकता पर बल दिया है आपका फैसला ने अपने संपादकीय संवेदनहीनता की काली छाया में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए यातायात नियमों पर कड़ाई से अमल करने और असर कारक कानूनी प्रावधान तय किये जाने की पैरवी की है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

नमस्कार